सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा मध्यप्रदेश में आज सभी शासकीय संस्थान बंद रहेंगे

अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज शाम चार बजे नईदिल्ली के राष्ट्रीय स्मृति स्थल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा

आमलोग सुबह साढ़े सात बजे से आठ बजे तक अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सकते हैं

जहां उन्हें लोग श्रद्वांजलि दे सकेंगे उनकी अंतिम यात्रा पार्टी मुख्यालय से दोपहर एक बजे से शुरू होगी श्री वाजपेयी का लम्बी बीमारी के बाद कल दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था

केन्द्र सरकार ने उनके सम्मान में सात दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान बाईस अगस्त तक देश में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा वहीं आज मध्यप्रदेश सहित कई सरकारों ने अवकाश की घोषणा की है मध्यप्रदेश में आज सभी शासकीय कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे प्रदेश के विभिन्न शहरों में व्यापारी संगठनों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद करने की बात कहीं है प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत की सम्पन्नता ऐसी थी जो यादगार रहेगी और आनेवाले दशकों तक जीवंत बनी रहेगी चाहे आर्थिक नीतियां हों या व्यापक बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाएं जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी दृष्टिकोण इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा महिलाओं के सशक्तिकण और सामाजिक एकता के पुरोधा के रूप में वाजपेयी जी भारत के तीव्र विकास में विश्वास करते थे वे राष्ट्रों के बीच एक मजबूत और समुद्ध भारत के सही मुकाम में विश्वास करते थे

उनके निःस्वार्थ समर्पण और भारत से बेहद लगाव के प्रतीक के रूप उन्हें देश का द्रसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदमविभूषण से अलंकृत किया गया था यह सम्मान उन्हें आधी सदी से ज्यादा समय तक देश और समाज की सेवा के लिए दिया गया था

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के तीन बार प्रधानमंत्री रहे

श्री अटले बिहारी वाजपेयी के शब्द और वाकपट्ता में इतनी करिश्माई गुण था कि उनके राजनीतिक विरोधी तक उन्हें काफी सम्मान देते थे

इस दौरान अपने प्रभावशाली भाषण के दौरान उन्होंने लोकसभा से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी

इस बार भी भाजपा विजयी होकर उभरी और श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद संभाला इसी साल उनके नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक दूसरी बार पोखरण में कई परमाणु परीक्षण किए और परमाणु राष्ट्र के रूप में भारत को दमदार स्थिति में ला खड़ा किया

अपने भाषण में श्री वाजपेयी ने विश्व के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी ऊर्जावान भाषण कला और अपनी कविताओं के लिए जाने जाते थे हिन्दी में उपलब्ध उनकी कविताएं बेहद लोकप्रिय हैं और आज भी आम जनता के दिलों में धड़कती हैं

उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां कृष्णा देवी थीं वाजपेयी जी विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रवादी राजनीति में आ चुके थे

उस समय अंग्रेजी शासन अपनी ढलान पर था राजनीतिशास्त्र और कानून के छात्र के रूप में अटल जी ने विदयार्थी जीवन से विदेशी मामलों में गहरी रूचि लेनी शुरू कर दी थी उन्होंने पत्रकार के रूप में भी अपना करियर शुरू किया था

उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में दो बार अपनी सेवाएं दीं उन्होंने अमरीका में मौत को मात देते हुए वहां अपने इलाज के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी थी उसकी आज भी कभी कभी चर्चा होती है यह कविता मौत से ठन गयी के रूप में आज भी चर्चा में रहती है श्री वाजपेयी का मध्यप्रदेश से गहरा सम्बन्ध रहा है उनके जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा तक मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हई है

श्री वाजपेयी सरकार और गैर सरकारी तौर पर अक्सर मध्यप्रदेश की यात्रा किया करते थे इसलिए यहां के अधिकतर शहरों से उनकी यादें जुड़ी है श्री वाजपेयी के निधन पर श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान अमेरीका रूस और जापान सहित तमाम देशों के राष्ट्रध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है उनके निधन पर फिल्म जगत की जानमानी हस्तियों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार आदर्श और शब्द हमेशा आम जनता के साथ रहेंगे और उन्हें सदा प्रेरित करते रहेंगे कल रात टेलिविजन पर प्रसारित संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि अटल जी का जाना भारत के अनमोल रत्न का खो जाना है उन्होंने कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है श्री वाजपेयी जी के निधन से पैदा हए शून्य को कभी भी नहीं भरा जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिता तुल्य एक व्यक्तित्व को खो दिया है अटल जी ने संगठन के बहुमूल्य पहलुओं और प्रशासन के बारे में हमें शिक्षित किया श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व और संघर्षों के माध्यम से जनसंघ को शक्ति मिली भाजपा को शक्तिपुंज के रूप में उभारने में उनकी अहम भूमिका थी

यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है

इन्हें अहमदाबाद पुणे लखनऊ देहरादून और हैदराबाद की यात्रा करवाई जायेगी कॉलेज के विद्यार्थियों की यात्रा अहमदाबाद मुम्बई बैंगलुरू हैदराबाद और देहरादून के अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में करवाई जायेगी यात्रा में बीईबीटेकबीएससी और एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे

रिश्वत गिरफ्तार ग्वालियर की लोकायुक्त पुलिस ने कल दो अलग अलग मामलों में एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यामिक विद्यालय के प्राचार्य और एक पशु चिकित्सक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है लोकायुक्त प्रलिस अधीक्षक के अनुसार विद्यालय के प्राचार्य आर के गुप्ता ने सेवानिवृत्त शिक्षक लालाराम जाटव से उसके एरियर के बदले चार हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी श्री जाटव ने इसकी शिकायत की थी कल जब उन्होंने आरोपी गुप्ता को रिश्वत दीए पहले से तैयार लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया

शर्मा ने श्री सिंह से भैंस खरीदने के लिए छह लाख रुपये के बैंक लोन फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत मांगी थी मौसम प्रदेश में एक बार फिर मानसून के सक्रिय हो गया है मौसम विभाग ने एक दर्जन से अधिक स्थानों पर वर्षा होने की चेतावनी दी है

मौसम केन्द्र के अनुसार हरदा होशंगाबाद बैतूल खंडवा खरगौन बुरहानपुर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सिवनी बालाघाट खंडवा और डिंडौरी जिले में भारी होने की संभावना है जबलपुर भोपाल होशंगाबाद इंदौर और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर आज शाम चार बजे होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा मध्यप्रदेश में आज सभी शासकीय संस्थान बंद रहेंगे वाजपेयी के निधन पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री वाजपेयी को पितातुल्य व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि भारत ने अनमोल रत्न खो दिया है